प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

आशा है कि प्रधानमंत्री इसकी अवधि आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं

श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन के मामले पर केन्द्र सरकार के निर्णय के साथ चलेंगे श्री सोरेन ने कहा कि केन्द्र के निर्णय का पालन कराना सभी राज्यों की सामुहिक जिम्मेवारी है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल कहा कि मास्क पहनना आवश्यक है उन्होंने कहा कि मास्क को कोई भी दो मिनट में बना सकता है उन्होंने ट्विटर पर मास्क बनाते हुए एक वीडियो साझा किया इस बीच श्री जावडेकर ने कहा कि पत्रकारों को भी महामारी को देखते हुए सभी एहतियाती सावधानियां बरतनी चाहिएं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

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग बीस करोड़ महिलाओं के खातों में करीब दस हजार करोड़ रुपए भेजे गए भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे दो करोड़ से अधिक कामगारों के खाते में तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गयी केन्द्र सरकार ने लगभग तीन करोड़ दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं के खाते में एक हजार चार सौ करोड़ रुपए से अधिक भेजे है इस पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को निःशुल्क अनाज तथा अन्य लाभदेने की घोषणा की थी गिरिडीह जिले के बैंको में जनधन खाता से रुपया निकालने के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए गिरिडीह उपायुक्त ने जिले के बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर कई रणनीति बनाई ताकि लाभुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये गिरिडीह उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने बैंकों के निरीक्षण के बाद बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को सुविधा और कृषि गतिविधियों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं कृषि सहकारी और किसान कल्याण विभाग ने नष्ट होने वाले सब्जियों फलों और बीज कीटनाशक दवाईयां उर्वरक आदि आम जन को उपलब्ध कराने के वास्ते राज्यों और दूसरे राज्यों के आवागमन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय कृषि ट्रांसपोर्ट कॉल सेन्टर की शुरूआत की है

इन नम्बरों पर किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन से सम्पर्क किया जा सकता है केन्द्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि देशभर के जनऔषधि केन्द्रों में उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध हों

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई मंत्रिपरिषद की ब्रेठक में यह निर्णय लिया गया कैबिनेट ने विधायक योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और बाहर फंसे परिवारों के लिए विधायक कोष से सहायता राषि दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी बैठक की जानकारी देते हए कैबिनेट सचिव अजय कमार सिंह ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान वैसे जरूरतमंद लोगों को एक रूपये की दर से दस किलोग्राम राषन उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास राषन कार्ड नहीं है उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई महीने में अंत्योदय परिवारों को एक किलोग्राम अतिरिक्त आयोडीनयुक्त नमक एक रूपये में दी जाएगी इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बोकारो चतरा पाकुड़ देवघर गिरिडीह गोड़्डा और हजारीबाग जिले के पचपन प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शैक्षिक केलेंडर की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें श्री नायडू ने कल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिल्ली पुडुचेरी पंजाब और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और भारतीय लोक प्रशासन संस्थानके निदेशक के साथ बातचीत की केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन के दौरान जमाखोरी रोकने और आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य सुनिश्चित करने को कहा है उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए बैठक की उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता बनाए रखने के लिए प्रभावी योजना शुरू की जाए दुमका जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडिया पोस्ट के सभी कर्मचारियों का सैनिटाजेशन होना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को दवाई प्राप्त करने और भेजने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो

डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्या शिल्पी के रूप में जाना जाता है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान लॉकडाउन और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है

श्री नकवी ने घर में रहकर ही नमाज अदा करने और अन्यक धार्मिक गतिविधियां पूरी करने का आग्रह किया गुमला जिले के सिसई थाना अंतर्गत मोरेंगवीरा गांव के चार युवकों को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि चारों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है